श्री गहलोत ने एक ट्वीट कर कहा कि रोजगार संकट गहराता जा रहा है केन्द्र सरकार को अपने आगामी बजट में नये रोजगार सुजित करने तथा ऐसी नीतियां अपनाने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जिससे उद्योग फलें फूलें और लोगों को रोजगार मिले

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने बताया कि इस रैली से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षिक करने के लिए वे राष्ट्रीय अभियान की शुरूआत करेंगे उन्होंने बताया कि यह रैली देश में संदेश देगी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने आज सभा स्थल का जायजा लिया दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज एक संवाददाता सम्मलेन में कहा कि श्री गांधी को चुनाव पूर्व किसानों की कर्जमाफी और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने संबंधी वादे पर जवाब देना चाहिए

श्री पुनिया ने कल की रैली में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी कर्मचारियों पर दबाव डालने का आरोप भी लगाया

कोर्ट ने इस मामले में शिकार के लिए उकसाने के आरोपी सैफ अली खान सोनाली नीलम तब्बू तथा एक स्थानीय आरोपी दुष्यंतसिंह को बरी कर दिया था राज्य सरकार ने विधिक परीक्षण के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में लीव टू अपील पेश की थी

समारोह में मुख्य सचिव डीबी ग्प्ता तथा सीजीएसटी जयप्र जोन के प्रधान मुख्य आयुक्त राकेश कुमार शर्मा ने भी भाग लिया

आज अंतिम दिन राज्य के पर्यटन मंत्री विश्ववेंद्र सिंह ने राज्य के पर्यटन से जुडे सत्र में शिरकत की समारोह में आज युवा कवि और गीतकार दीपक रमोला को प्रतिष्ठित द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान से सम्मनित किया गया

हमारे बीकानेर संवाददाता ने बताया कि पुलिस लाइन की एक शाखा में कार्यरत स्टाफ वहां काम करने वाली एक महिला की बेटी के विवाह में आर्थिक सहयोग देगा

इन्हें कला क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश के चौथे सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा अपनी कला को देश विदेश में पहुंचाने वाले अनवर खान मांगणियार ने आकाषवाणी से बातचीत में कहा कि उन्हें दिये जाने वाले इस सम्मान से राजस्थान की कला को सम्मान मिलेगा

सात दशमलव पांच डिग्री सैल्सियस के साथ सीकर सबसे ठंडा स्थान रहा